उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अमल में लाए गए सख्त निर्णयों और प्रदेश के लोगों के सहयोग से कुछ हद तक कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में कामयाबी हासिल हुई है जयराम ठाकर ने कहा कि सरकार ने कफर्यू में अभी कोई भी ढील नहीं देने का निर्णय किया है हालांकि प्रदेश में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कृछ सेवाओं में छूट दी जा रही है जिनमें उद्योगों को फिर से शुरू करना सड़क निर्माण और मनरेगा जैसे कोर्य शामिल हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी कार्यों में स्थानीय लोगों को ही काम पर लगाया जाएगा

राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है

प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

महेश्वर सिंह पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के विद्यार्थियों और बुजुर्गों को वापिस लाने के प्रबंध करने का प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को पहले क्वारंटाइन किया जाए और इसके बाद इन्हें घर भेजने की अनुमति दी जाए महेश्वर सिंह ने किसानों व बागवानों को भी विशेष परमिट जारी करने का आग्रह किया है

एसडीएम प्रशांत देष्टा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार इस दिशा में योजनाबद्व तरीके से कार्य किया जा रहा है

रैपिड टेस्ट हमीरपुर जिले में कोरोना वायरस की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने चार सौ रैपिड टैस्ट किट्स प्रदान की है उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा है कि इससे कोरोना संभावितों की जांच में तेजी आएगी उन्होंने कहा कि जिले में पिछले दिनों सामने आए दो कोरोना संक्रभित व्यक्तियों में संक्रमण फैलने के कारण का पता नहीं चल सका है उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट और बफर जोन को एहतियात के तौर पर पूरी तरह सील कर दिया गया है

कुलपति प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने आज विश्वविद्यालय में ऑनलाईन शिक्षण कार्य और आगामी स्नातक स्तर को परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने प्राध्यापकों वैधानिक और प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो